इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़करी ने आज झारखंड को पांच सौ उनचालीस किलोमीटर लंबी इक्कीस सड़क परियोजनाओं की सौगात दी इन सड़क परियोजनाओं की कुल लागत तीन हजार पांच सौ पचास करोड रुपए है इन सडक परियोजनाओं में सात का उन्होंने उदघाटन किया जबकि चौदह परियोजनाओं की नींव रखी श्री गड़करी न ेघाघरा गुमला हाटगम्हरिया जैंतगढ़ महलिया बहरागोड़ा बीजूपाड़ा क्डू फोरलेन रांची के कचहरी चौक से पिस्का मोड़ बिजुपाड़ा फोरलेन बरही हजारीबाग फोरलेन और पिस्का मोड़ पालम फोरलेन सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गो पर सड़कों की मरम्मत चौडीकरण और पुल समेत अन्य किये जाने वाले कार्यो का शिलान्यास किया इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई सांसद और विधायक भी ऑनलाइन उपस्थित थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की गहन चिकित्सा इकाई आईसीय से विशेष कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है डाक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और उन्हें आराम करने की सलाह दी गयी है

इसके तहत मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना है केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे कोविड नमुनों के परीक्षण बढाएं संक्रमण की श्रंखला को तोडने के लिए कन्टेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है बैठक में राज्यों से प्रत्येक अस्पताल में मृत्यु दर की जांच करने उचित रणनीति तैयार करने और अस्पतालों में देर से प्रवेश तथा राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में विचार किया गया राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को मजबूत बनाने की भी सलाह दी गई बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दवाई भी कड़ाई भी संदेश सभी मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से प्रभावी ढंग से और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए विधायक सरय राय ने जमशेदपुर के बारीडीह से कोविड टीकाकरण जागरुकता रथ को कल हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

श्री राय ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर ही इस महामारी के प्रसार को रोक सकते हैं उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोनारोधी टीका मुफ्त लगाया जा रहा है ऐसे में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका जरूर लगवाना चाहिए

इस परीक्षा के जरिए अंतिम रुप से ग्यारह हजार एक सौ तीन अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं आयोग की वेबसाइट पर सोलह अप्रैल से अभ्यर्थियों के अंक पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे अभ्यर्थी तीस अप्रैल तक अपना अंकपत्र देख सकते हैं राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है इस योजना के लिए राज्यभर में छह हजार एक सौ पैंसठ गांव चयनित किए गए हैं इन गांवों में दूषित पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी नालियों का निर्माण किया जाएगा और तालाबों के पानी से कचरा साफ किया जाएगा योजना के तहत ग्रामीणों को अपने घरों में किचन गार्डन बनाने के लिए प्रेरित करने का अभियान भी चलाया जाएगा पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि और मनरेगा से इस योजना का संचालन होगा रांची जिले में डायन बिसाही और मॉब लिंचिंग जैसे सामाजिक अपराधों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस ने नई पहल शुरू की है वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कल शहर में मुहल्ला और ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायत कमेटी बनाकर सामाजिक अपराध रोकने के अभियान की शुरूआत की इस अभियान के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर भी जागरूक किया जाएगा वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुहल्ला और पंचायत कमेटी के माध्यम से पुलिस अपराध पर काबू पाएगी

दिल्ली में एक व्यवसायी के आवास से करीब सवा करोड़ रुपये के सोने के जेवरात की हुई चोरी मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र रिथत चुंगलो से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया महिला के पास से सताइस लाख रुपए मुल्य के चोरी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बसन्त विहार क्षेत्र में रहने वाले एक व्यवसायी के यहां से इस साल पन्द्रह जनवरी को गहने की चोरी हो गई थी इस सिलसिले में पुलिस ने उसके यहां काम करने वाले एक युवक को गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था उसकी निशानदेही पर उसके पिता और अब उसकी मां को भी चोरी के गहने के साथ गिरफ्तार किया गया है बोकारो जिले में लोगों को पेयजल की किल्लत नहीं हो इसके लिए नगर निगम द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं कोडरमा जिले में स्थित तिलैया डैम का सौंदर्यीकरण करने के साथ यहां पर्यटकों को कई और सुविधाए उपलब्ध कराई जाएगी उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि सरकारी योजनाओं के जरिए डैम को नया लुक र्दने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है पहले चरण में करीब ढ़ाई करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस राशि से इको पार्क वॉच टावर रेस्टोरेंट होटल और पर्यटक सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी चतरा जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय के निर्देश पर आयोजित क्रॉस कंट्री में पचास से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए

वहीं पिपरवार बचरा में आयोजित क्रॉस कंट्री में बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए जिले के उपायुक्त ने क्रॉस कंट्री के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया संक्षिप्त खबरें आंदोलनरत होमगार्ड जवानों ने कल तक मांगें पूरी नहीं होने पर पांच अप्रैल से जेल भरो अभियान शुरू करने की चेतावनी सरकार को दी है कोडरमा जिले में डाक विभाग द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है

प्रख्यात शिक्षाविद साहित्यकार पत्रकार और झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे डॉ भुवनेश्वर अनुज का कल निधन हो गया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी आज से डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जैक डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं मौसस विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले चार दिनों तक तापमान में बढ़ोत्तरी होने का पूर्वानुमान जारी किया है इस दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है वहीं सात आठ अप्रैल को कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने और बारिश के साथ वजपात होने की संभावना है